प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक्सप्रेस को निर्धारित समय से पहले प्ररा किया गया है प्रधानमंत्री ने हरियाणा के वीरों के अदम्य साहस को नमन किया केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिह प्री ने कहा है कि हरियाणा का चौथा शहर बल्लभगढ़ मेट्रो के साथ ज्ड़ने से आर्थिक विकास में गुणात्मक वदवि होगी केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री से सुलतानपुर झील से ज्यादा पानी देने की मांग की

उन्होंने रिमोट से पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी हरियाणा के ग्रूग्राम जिले के स्लतानप्र गांव के प्रम्ख परियोजनाओं के उदघाटन के बाद जन समूह को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संरचना विकास को ज्ड़ी यह दोनों योजनायें लोगों के सम्पर्क की स्विधा बढ़ाने में नई क्रांति लायेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पर्क सांधन बढ़ने से रोज़गार के नेय मौके पैदा होते है और रेलवे व जल मार्ग से ऐसा ढांचा तैयार होता है जिससे निर्वाचण और संरचना जैसे क्षेत्रों को लाभ होता है क्ंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे से दिल्ली से रोज़ाना पचास हजार बड़े वाहन नहीं ग्जरेंगे

फरीदाबाद बहादुरगढ़ और गुरूग्राम के बाद बल्लभगढ़ हरियाणा हरियाणा का चौथा शहर होगा जो म्जेसर बल्लभगढ़ कॉरीडोर ख्लने से मेंट्रो से ज्ड़ जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्लतानप्र में जनसमूह को सम्बोधित करते हए कहा कि क्ंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को अगले वर्ष बीस फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था पर इसे निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया है उन्होंने विश्वकर्माकौशल विश्वविद्यालय का जिक्र करते हए कहा इससे य्वाओं का हनर बढ़ाने में मदद मिलेगी

इस विश्वविद्यालय में लगभग एक हजार य्वाओं को जीएसटी का प्रशिक्षण देने की भी योजना है

उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल होना था लेकिन लटकाने अटकाने व भटकाने वाली सांस्कृति ने बहत न्कसान किया और देरी की वजह से लागत तीन ग्णा बढ़ गई

उन्होंने इस मौके पर हरियाणा की भूमि की प्रशंसा की और इसे जान का प्रकाश और साहस की भूमि बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि रिजागला लड़ाई को छप्पन वर्ष प्रे हो गये उन्होंने इस पोस्ट पर शहीद हये सैनिकों का नमन करते हए कहा कि हरियाणा के सैनिकों ने लड़ाई में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था

उन्होंने कहा कि सूक्षम लघ् व मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं के अन्रूप ऋण स्विधायें प्रदान की गई है उन्होंने कहा कि द्निया के पैंसठ फीसदी य्वा हमारे देश के पास है लेकिन तीन प्रतिशत य्वा ही कौशल संपन्न है अगर य्वाओं के हाथों में हनर दे दिया जाये जो वे आत्म निर्भर बन सकते है

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिज् ने आज कहा है कि अंग्रेजी बोलने में कोई शान नहीं है लोगों को अपनी भाषा को बोलने में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए

श्री रिजिज् के कहा कि वे स्वयं हिन्दी के विद्वानों के विचारों को स्नने के लिए उत्स्क है ताकि हिन्दी का ज्ञान और बढ़ाया जा सके उन्होंने आहवान किया कि हम सबकों मिलज्ल कर राजभाषा हिन्दी का आगे बढ़ाना चाहिए इस मौकेपर ग़्ह राज्य मंत्री ने हिन्दी को प्रोत्साहिंत करने के लिए हाल में आयोजित प्रतियोगिता के प्रस्कार पाने वाले विजेताओं को बधाई दी और उन्हें सम्मानित किया

इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास मे गुणात्मक वृद्वि होगी वे आज आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रिमोट कंट्रोल से राजा नाहर सिंह मेट्रो का उदघाटन् करने के बाद सम्बोधित करते रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेतृत्व मे मेट्रो का काफी विस्तार हुआ है

केन्द्रीय राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने स्लतान प्र झील में ज्यादा पानी देने की मांग की है वे आज स्ल्लानप्र गांव में प्रधानमंत्री के केएमपी एक्सप्रेस वे के उदघाटन समारोह में बोल रहे थे

उन्होंने मंच पर केन्द्र की सभी विकास परियोजनाओं गिनाई और प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए सतल्ज यम्ना लिंक नहर मे पानी देने का मांगकी ताकि दक्षिण हरियाणा का सूख खत्म हो सके

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में हये विकास को गिनाते हये प्रधानमंत्री से हिसार हवाई अड्डे को विकसित करने में सहयोग की मांग करते हुए कहा कि चंडीगढ़ और दिल्ली के हवाई अड्डो से हरियाणा वासियों को काफी लाभ रहता है पर हिसार हवाई अड्डे के विकास से सारी कमी प्री जो जायेगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सत्रह हजार से ज्यादा ग्र्प डी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है जबकि दस हजार नौकरियां कानूनी प्रक्रिया में उलझी ह्ई है उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार बीस हजार और नौकरियां देगी